पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में मिले सबसे अधिक नौ सौ अठहत्तर कोरोना पॉजिटिव मरीज कुल संक्रमितों की संख्या हुई पंद्रह हजार अड़तालीस

झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर भारतीय परम्पराओं का आधुनिक प्रतीक बनेगा अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों के सामूहिक संकल्पों की शक्ति के प्रतीक के रूप में भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा इस समारोह के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है श्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण से अयोध्या के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा इधर राज्य भर में कल अयोध्या में श्रीराम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्साह रहा लोगों ने अपने अपने घरों और मंदिरों में दीप जलाये और खुशियां मनायी राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान नौ सौ अठहतर कोरोना संक्रमण के मामले आये हैं यह अबतक राज्य में एक दिन में सर्वाधिक मरीजों के मिलने का आंकड़ा है सबसे अधिक गोड्डा जिले में तीन सौ उनचालीस मरीज मिले हैं

राज्य में अबतक कुल एक सौ छतीस मौत संक्रमण से हुई है राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में अगले आदेश तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है

इसकी पृष्टि जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने की है उन्होंने बताया कि जेल के अंदर जाने और बाहर आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा करीब तीन सौ जेल कर्मी और सुरक्षा कर्मी जेल में ही रहेंगे लॉकडाउन के बाद वह घर नहीं जा पायेंगे जो कर्मी जेल के बाहर ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए बाहर ही रहने की व्यवस्था की जाएगी यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी गोड्डा जिले में पिछले चौबीस घंटे में तीन सौ उनचालीस कोरोना संकमित मिले हैं जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने इसकी जानकारी दी है सिविल सर्जन डॉक्टर पीके झा के हवाले से उपायुक्त ने बताया कि पीएमसीएच धनबाद से जांच में ये लोग संक्रमित पाए गए सभी संक्रमितों का कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है उपायुक्त ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हमेशा मास्क पहनने की अपील की गोड्डा जिले में कल चार सौ तेरह कोरोना पॉजिटिव मरीज सक्रिय हैं गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमण के काफी बढ़ जाने पर जिला प्रशासन के सहयोग के लिए उपायुक्त के निर्देश पर फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल की महिलाओं ने गोड्डा नगर के कुछ चेक नाका पर मास्क उपलब्ध कराना शुरू किया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के गोड्डा नगर नहीं प्रवेश कर सके लातेहार जिले के उपायुक्त जिशान कमर ने जिले में संचालित मनरेगा एवं पीएम किसान योजना की कल समीक्षा की सभी बीडीओ को प्रत्येक गांव में मनरेगा की छह योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि किसी गांव से श्रमिकों के पलायन करने की सूचना मिलने पर बीडीओ और मुखिया सीधे जिम्मेवार होंगे उपायुक्त ने मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को देखते हए अन्य कर्मियों से कार्य लेने तथा योजनाएं बाधित नहीं हो इसके लिए सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया उपायुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिले में किये जा रहे पौधा रोपण की जानकारी ली साथ ही चयनित भूमि पर पौधा रोपण कार्य पूर्ण कराने टीसीबी मेढ़बंदी वर्मी कंपोस्ट पिट की चयनित योजना संचालित करने और सभी अंचलाधिकारियों को पीएम किसान योजना के तहत किसानों को निबंधित करने समेत तीन दिनों के अंदर डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया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

न्यायालय ने अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट में नियुक्ति प्रकिया पर रोक लगाने की दलील दी इसपर महाधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता ने विरोध जताया और कहा कि परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से नियम संगत है इसलिए रोक नहीं लगायी जानी चाहिए जेपीएससी के मामले में अब तक बाइस याचिकाएं दायर की गयी हैं इनकी सुनवाई अब एक ही अदालत में होगी और हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्व करने का निर्देश दिया जेपीएससी की ओर से तीन सौ अस्सी डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई

डॉक्टर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को होम क्वॉरंटाइन में नहीं रहना होगा

सफल अभ्यर्थियों का एक मुश्त रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा गिरिडीह जिले में वृद्ध लोगों के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान चलाया जा रहा है

गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड बिहार समेत छह राज्यों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है अभियान के छठे सप्ताह में ही लगभग सत्रह करोड़ श्रम दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है और तेरह हजार दो सौ चालीस करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किये गये हैं इनमें बासठ हजार पांच सौ बत्तीस जल संरक्षण स्थल एक लाख चौहत्तर हजार ग्रामीण आवास चौदह हजार आठ सौ बहत्तर पशुशाला आठ हजार नौ सौ तीरसठ पोखर और दो हजार दो सौ बाइस सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मित किए गये हैं पांच सौ चौंसठ ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टविटी उपलब्ध कराई गई है और सोलह हजार एक सौ चौबीस उम्मीदवारों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया गया है झारखंड में अबतक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गयी है अभी भी गुमला सिमडेगा पाकुड़ साहिबगंज खूंटी सरायकेला खरसावां जिलों में मॉनसून कमजोर है

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्वी और मध्य झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी है इधर बुधवार को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई जबकि उत्तरी पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई

पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है दोनों आरोपी फरार हैं

अतीत की नींव पर आगत का आगाज दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है राम मंदिर के स्तंभ दो सौ फूट गहरी नींव पर खड़े होंगे की खबर को भी प्रमुखता से जगह दी है

अखबार ने लिखा है चालीस मिनट में हुआ पांच सदियों के इतिहास का परिमार्जन राम सबके सबमें सुर्खी शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार ने सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई से कराने की खबर को भी जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने अयोध्या में प्रधानमंत्री के संबोधन भारत की दिव्यता और दर्शन में हैं राम शीर्षक को अपनी पहली सुर्खी बनाया है